इसके पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हई बैठक के दौरान सरकार ने दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिये विपक्ष का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ससंदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले डीएमके पार्टी के टीआरबालू सहित अन्य दलों के नेता शामिल थे

गौरतलब है कि इस सत्र में संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक तथा आधार और अन्य संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे

कांग्रेस उपलब्धि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने छह माह पूरे करने जा रही है इस उपलक्ष्य में सरकार अपनी उपलब्धियां से जनता को अवगत कराएगी

उन्होंने कहा कि अल्प कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र पर अमल करते हुए ऐसे कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनसे न केवल जनता को बड़ी राहत पहुंची है बल्कि प्रदेश भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा है

इस दौरान गंभीर बीमारियों से पीडित और कुपोषित बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में रैफर किया जा रहा है

आज से हम श्रोताआँ के लिए योग पर एक खास श्रंखला दो मिनट में योग शुरू कर रहे हैं

गौरतलब है कि हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है

सोनोरा का पालन पोषण उनके पिता ने किया था सोनोरा ने जब मदर्स डे के बारे में सुना तो उसने फादर्स डे मनाने के बारे में सोचा फादर्स डे के मौके पर आज कई तरह के आयोजन हुए और बच्चों ने अपने पिताओं को उपहार देकर उनका सम्मान किया बाजारों और माल में भी आज खास भीड़ देखी गयी मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है

पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह करीब आधे घंटे तक हुई मानसून पूर्व की पहली बारिश से लोगों को राहत मिली है

तेज बारिश में बाढ़ और आपात स्थिति से निपटने के लिये नगरनिगम भोपाल ने कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है मुख्य आपातकाल नियंत्रण कक्ष का मुख्यालय फायरबिग्रेड फतेहगढ़ को बनाया गया है हत्या जांच जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ऋषभ जैन की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए इस मामले को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि एक आरोपी ऋषभ की द्कान में काम करता था

इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत सहित पचास से अधिक लोगों ने रक्तदान किया